पंचकूला में विभाग के संयुक्त सचिव विवेक भारदवाज ने यह जानकारी दी गृह मंत्रालय दवारा अम्बरेला के तहत आयोजित राज्यों के प्लिस बल को आध्निक बनाने के स्कीम उद्देश्य से पंचकूला मुख्यालय में चौथी क्षेत्रीय वर्कशाप मे बोलते हए श्री भारदवाज ने बताया कि इस योजना से हरियाणा में कानून व्यवस्था महिला और बाल स्रक्षा तथा द्र संचार प्रणाली में स्धार होगा उन्होंने बताया कि इस योजना में आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान कानून व्यवस्था महिला स्रक्षा आध्निक हथियारों की उपलब्धता प्लिस बल की गतिशीलता प्लिस वायलैंस की उन्नयन राष्ट्रीय सैटेलाईट नेटवर्क और ई प्रिज़न प्रोजेक्ट बनाए जायेंगे

प्लिस महानिरीक्षक यातायात एवं राजमार्ग संजय क्मार ने करनाल में ये जानकारी देते हए बताया कि सड़क दूर्घटनाओं मे प्रति वर्ष प्रे भारत में डेढ़ लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते है

इससे दो हजार से अधिक विद्यार्थियों ने सड़क स्रक्षा थीम पर पेंटिंगस बनाई तो वहीं दस हजार विद्यार्थियों ने द्र्घटना के शिकार परिवारों की कथा लिखी

भगवान महावीर जयंती पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बी पी सिंह बदनौर ने पंजाब और चंडीगढ़ निवासियों को बधाई दी है अपने संदेश में श्री बदनौर ने कहा कि आज के औतिकवादी विश्व में भगवान महावीर की शिक्षाएं बहुत महत्व पूर्ण है

उन्होंने आज चंडीगढ़ में बताया कि प्रत्येक वर्ष महावीर जयंती को अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है प्रदेश के विभिन्न धार्मिक संगठनों ने उनसे म्लाकात करते हए इस दिन जीव हत्या निषिद किए जाने की मांग रखी थी जिसे मंज्री दे दी गई है मंत्री ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह पालिका क्षेत्रों में आदेशों की पालना कराना सुनिश्चित करे तथा इसकी अन्पालना की रिपोर्ट भेजें

बोर्ड ने पेपर लीक होने की आंशका व्यक्त की है इन दोनों विषयों की नई परीक्षा तिथि एक स्प्ताह के भीतर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी इसी दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक का संज्ञान लिया है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो भी पेपर लीक मामले मे दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाड्र की जायेगी हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा ने प्रदेश के सभी उपाय्क्तों व सिविल सर्जनों को खसरा रूबैला टीकाकरण अभियान के दौरान अपने अपने जिला के लक्षित बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण करवाना स्निश्चित करने के निर्देश दिए

ये टीका स्क्लों सामुदायिक केन्द्रों आंगनवाड़ी केन्दों और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाया जायेगा

डेरा सच्चा सौदा प्रम्ख ग्रमीत राम रहीम सिंह की सबसे बड़ी राज़दार हनीप्रीत को पंचकूला कोई में वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये पेश किया गया

आरोपयिों पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम की तरह बहस होगी जिसके बाद आरोप तय हो सकते है

हनीप्रीत यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचक्ला में हिंसा भड़कानें और देश द्रोह मामले की आरोपी है य्वाओं के खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण स्तर पर भी खिलाडिय़ों को खेल स्विधाएं उपलब्ध कराने के उददेश्य से हरियाणा सरकार दवारा गांवों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे है

इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों दवारा निजी संस्थानों में इंजीनियरिंग चिकित्सा शिक्षा तकनिकी शिक्षा प्रबन्धन तथा अन्य व्यवसायिक कोर्सो की पढ़ाई का खर्च भी बोर्ड दवारा वहन किया जाएगा इससे पहले केवल यह स्विधा सरकारी संस्थानों में ही दी जाती थी

हरियाणा के कृषि मंत्री ओ पी धनखड़ ने पंचकूला में अश्वनी ग्प्ता मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय अश्वनी ग्प्ता की प्ण्य स्मृति में आयोजित रक्दान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने अश्वनी गुप्ता की प्रतिमा पर पृष्प अर्पित किए और रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया अश्विनी गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट के चैयरमैन व पंचक्ला के विधायक ज्ञान चंद ग्प्ता ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष तीन कार्यक्रम करवाए जाते है जिसमें कबड्डी कप बैडमिंटन चैम्पियनशिप व रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिले के बाहर घोड़े गधे खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पश्ओं को ले जाने में पूर्णता पांबदी रहेगी